मंत्रालय ने इससे पहले जारी एक परामर्श का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ टेलिविजन चैनल इसकी परवाह किए बगैर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुसार नहीं है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है मंत्रालय ने यह परामर्श नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य पर होने वाले समारोह के आयोजन के लिए आज शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे इस दौरान वे नए सर्किट हाउस विलिज पार्क के संबंध में होने वाली बैठक में भी शामिल रहेंगे इसके अलावा वे राज्य सरकार के कैलेंडर का शुभारंभ भी करेंगे

इस प्रस्ताव को आगामी निवेश मंजूरी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा बाद में इस प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति मंजूरी देगी उल्लेखनीय है कि सिरमौर जिले में गिरी नदी पर रॉक फिल बांध बनाया जाएगा

समापन अवसर पर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद युवाओं से अपनी उर्जा का सकारात्मक दिशा में प्रयोग करने का आहवानकिया उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण व देश के विकास में एकजुट होकर कार्य करने को कहा उपायुक्त ने युवाओं से केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे भी जागरूक किया गया मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है हांलाकि उंचाई वाले इलाकों में कल हुए हिमपात के बाद कड़ाके की ठंड जारी है और कुछ इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है इससे पानी की पाइपें व जलस्रोत जम गए हैं राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है मगर सुबह शाम जबरदस्त ठंड पड़ रही है निचले इलाकों में कई स्थानों पर धुंध का प्रकोप बना हुआ है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी की एक खबर है गंदगी व सीवरेज से दूषित हुआ प्रदेश का पानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में हुआ खुलासा

दिव्य हिमाचल के अनुसार स्कूलों में दस दिनों की शीतकालीन छुट्टियां कल से अब तीन माह की गर्भवती को भी अस्पताल ले जाने आएगी एंबुलेंस शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है शिशु व गर्भवती मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार की पहल अमर उजाला के शब्द हैं प्रदेश में नए साल से गर्भवती महिलाओं के लिए अब सौ मुफ्त एंबुलेंस चलाएगी सरकार दैनिक भास्कर की एक खबर है डालमिया सीमेंट को सुन्नी में दो हजार करोड़ के प्लांट लगाने की दी गई मंजूरी